कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको शपथ दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें म्ख्यमंत्री बनने की बधाई दी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत को प्रशासनिक और संगठन का बड़ा अन्भव है उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नये आयामों को छुएगा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी उन्हें बधाई दी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री का आभार जताया

इससे पहले आज पार्टी मुख्यालय में हई बैठक के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई

केंद्रीय पर्यवेक्षक और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फैसला जल्द किया जाएगा

लोगों को उम्मीद है कि अब उनके क्षेत्र का विकास तेजी से होगा

इसके लिए विशेष यातायात प्लान आज शाम से लागू कर दिया गया है कल अखाड़ों की पेशवाई शहर के विभिन्न मार्गों से होते हए हर की पैड़ी शाही स्नान के लिए पहंचेगी जहां पर सभी अखाड़े क्रमवार स्नान करेंगे कृंभ मेले के प्लिस महानिरीक्षक संजय ग्ंज्याल ने बताया पेशवाई को देखते हए शहर में पेशवाई रोड पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा साथ ही हरिदवार के सभी प्रवेश मार्गो पर अलग अलग स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है इन पार्किंग स्थलों से आगे वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल वाहनों के लिए बंद रहेगा उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्रूप महाकृंभ की कोरोना महामारी संबंधी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से अपील की गई है

उन्होंने बताया कि जो लोग गाइडलाइन का उल्लंघन उनका चालान किया जाएगा

इस दौरान श्रद्धालुओं को वहां पर स्नान नहीं करने दिया जाएगा हालांकि अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान पर कोई रोक टोक नहीं होगी

अब श्रद्धाल् पूर्णागिरि दर्शन के बाद नेपाल स्थित सिद्ध नाथ मंदिर के भी दर्शन कर सकेंगे जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कल ब्रह्मदेव नेपाल में भारत और नेपाल के उच्चाधिकारियों की बैठक में कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ सीमा खोलने का फैसला लिया गया कलश यात्रा टिहरी जिले स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से नैलचमी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर जल घड़ी कलश यात्रा निकाली गई इस यात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों के देवताओं की डोली और निशान भी शामिल हुए इस दौरान वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने पूजा अर्चना की

मंदिर के संरक्षक ने बताया कि मंदिर सांगेल गढ़ के राजा दवारा स्थापित किया गया था

प्रदेश में यह कार्यक्रम अल्मोड़ा और देहरादून जिलों में आयोजित होगा प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह जानकारी दी

मुख्य सचिव ने कहा कि इस दिन स्वतंत्रता संग्राम से ज्डे लोगों के जीवनवृत देशभक्ति आधारित न्क्कड़ नाटक सम्मेलन और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से निबन्ध प्रतियोगिताएं साइकिल और मैराथन रेस खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे उन्होंने जिलाधिकारियों को इन कार्यक्रमों के लिए समय से व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मुख्य सचिव को बताया कि जिले में रैमजे इण्टर कालेज में यह कार्यक्रम होगा

आज रानीखेत में दोनों देशों के राष्ट्र गान के साथ युद्धाभ्यास की रिहर्सल हई कल से चौबटिया ग्राउंड में युदधाभ्यास शुरू होगा अगले दस दिनों में दोनों देशों के सैन्यकर्मी काउंटर टेरेरिस्ट ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे

आयष्मान सीएपीएफ केन्द्रीय गृह सचिव अजय क्मार भल्ला ने कहा है कि केन्द्रीय सशस्त्र प्रलिस बलों के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयुष्मान केन्द्रीय सशस्त्र पूलिस बल योजना बहत जल्द देश भर में शुरू की जाएगी

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सशस्त्र पूलिस बल कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा जिससे वे हर साल अपनी और हर तीन साल में अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच कर सकेंगे